इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाएगा विभिन्न विभाग इन कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे जिला कंट्रोल रूम और गरीमा हैल्प लाइन नंबर का भी प्रचार करने के साथ थाना स्तरीय महिलाओं और बाल डेस्क के संबंध में जानकारी दी जाएगी स्थानीय स्तर पर नुक्कड़ नाटक और कठपुतली कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकेगा

प्रदेश में नगर निकायों के चुनावों के लिए आज वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकालने का काम किया जा रहा है बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की बूंदी नगर परिषद और केशवरायपाटन कापरेन लाखेरी इन्द्रगढ़ और नैनवा नगर पालिका के वार्डो के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है इधर राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हैरीटेज में वार्डो के लिए वर्गवार आरक्षण लॉटरी निकाली जा रही है

सवाई माधोपूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संकमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन के तहत आज सभी बाजार बंद हैं प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत बीकानेर में जिला प्रशासन की ओर से आज से दो दिवसीय रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इससे पहले कल कोरोना जागरूकता स्टीकर का विमोचन किया गया इधर पाली और बांसवाड़ा में नो मास्क नो एन्ट्री जन आंदोलन के तहत लोगों को शहर में मास्क बांटे गए राजस्थान उच्च न्यायालय ने महिला पर्यवेक्षक पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के संशोधित परिणाम को निरस्त कर दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी मुल परिणाम बहाल हो गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दीपावली त्योहार के अवसर पर इस साल कामधेनु दीपावली मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है इस अभियान के माध्यम से कामधेनु आयोग दीपावली के दौरान गाय के गोबर और इससे बने उत्पादों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है

आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं